प्रदेश में भी टीकमगढ़दमोह सतना सहित सात सीटों पर शुरू हो जायेगा नामांकन का काम

इस चरण में प्रदेश की सात सीटों टीकमगढ़ दमोह सतना रीवा खजुराहो होशंगाबाद और बैतूल में वोट डाले जायेंगे आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन का काम शुरू हो जायेगा

छिन्दवाड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नक्लनाथ और जबलपुर से विवेक तन्खा ने भी अंतिम दिन अपना नामांकन दाखिल किया वहीं शहडोल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह ने भी कल पर्चा भरा इस दौरान केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी मौजूद थे हालांकि शहडोल बालाघाट और छिन्दवाड़ा में बागी उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है बालाघाट सिवनी सीट से पार्टी के मौजूदा सांसद बोधसिंह भगत ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है

छिन्दवाड़ा में टिकट की रेस में आगे चल रहे मनमोहन शाह बट्टी की मौजद्गी का नुकसान भाजपा को होगा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कल छिन्दवाड़ा विधानसभा उप चुनाव के लिये नामांकन दाखिल किया छत्तीसगढ़ हमला निर्वाचन आयोग ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा क्षेत्र में कल हुए नक्सली हमले के बावजूद वहां लोकसभा चुनाव निर्वाचित कार्यक्रम के अनुसार होगे आयोग ने कहा कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव के प्रभावित जिलों के जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए तुरंत बैठक की और मतदान के मद्देनजर उन्हें अगले कुछ दिनों में अत्यधिक एहतियात बरतने का निर्देश दिया गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से भाजपा विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर कल उस वक्त हमला हुआ था जब वो चुनाव प्रचार के बाद नकुलनार लौट रहे थे विधायक का काफिला जब कुवाकुंडा थाना क्षेत्र में श्यामगिरी इलाके से गुजरा तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे माओवादियों ने बारुदी सुरंग का विस्फोट किया विस्फोट करने के बाद माओवादियों ने विधायक और सुरक्षाकर्मियों पर अंधाधुंध गोलाबारी भी की इस हमले में विधायक उनके वाहन चालक की मौत हो गयी

उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने कल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि ससुराल में उत्पीड़न की शिकार महिला मायके से या वहां से भी मुकदमा दायर करा सकती है जहां वह शरण लिये हुए है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने विभिन्न राज्यों से दायर छह याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह व्यवस्था दी पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि महिला को उस इलाके में शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है जहां उसकी ससुराल है अभी तक महिला को उसी जगह मुकदमा दायर कराना पड़ता था जहां उसकी सुसराल है मतदाता सूची नाम बैतूल जिले में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर मतदाता काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे व्यापक पैमाने पर चलाये जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के असर के तौर पर देखा जा रहा है

हालांकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में मतदाताओं का अंतिम आंकड़ा अभी नहीं आया है जिला उप निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की फीडिंग होने के बाद मतदाताओं की संख्या में आंशिक इजाफा हो सकता है बैंक दर कमी भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ऋण दरों में मामूली पांच आधार अंक की कमी की हैं जो आज से प्रभावी होगी

आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को सात विकेट से हरा दिया कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित बीस ओवर में नौ विकेट पर एक सौ आठ रन बनाए

चेन्नई सुपर किंग्स के दीपक चहर ने तीन विकेट लिए हरभजन सिंह और इमरान ताहिर को दो दो विकेट मिले

आज मुम्बई में रात आठ बजे से किंग्स इलेवन पंजाब का मुकाबला मुम्बई इंडियन्स से होगा

प्रदेश में भी टीकमगढ़दमोह सतना सहित सात सीटों पर शुरू हो जायेगा नामांकन का काम